प्रदेश में कल से सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना की शुरूआत होगी

गर्मी का प्रचण्ड प्रकोप वर्षो के रिकॉर्ड तोड़ रहा है प्रशासन द्वारा कई शहरों में सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है और चिकित्सा विभाग भी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है

जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सीमा चौकियों पर जवान इस भयंकर गर्मी में भी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं

च्रू में गर्मी के कहर से लोगों को काफी परेशानी हो रही है सवाई माधोपुर में आग उगलती चिलचिलाती धूप की वजह से बाजारों में सन्नाटा छाया रहा

बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है लू और ताप घात के मरीजों की संख्या में बढोतरी हुई है

प्रदेश में प्रति व्यक्ति को इलाज के लिये उत्तम सुविधायें मिल सकें इसके लिये सरकार राईट दू हैल्थ बिल पर काम कर रही है जल्द ही यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में लाया जायेगा मुख्यमंत्री आज जयपुर में आयोजित एक निशुल्क चिकित्सा शिविर के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे उन्होने कहा कि इसके लिये आवश्यक स्वास्थ्य योजनाओं को विस्तार दिया जा सकता है

उद्योग विभाग के आयुक्त डॉ कृष्णकान्त पाठक से मिली जानकारी के अनुसार परंपरागत शिल्प से जुड़ने के इच्छ्क लोगों को विशेषज्ञों द्वारा इसका प्रशिक्षण दिया जायेगा इसमें बंधेज मीनाकारी मूर्तिकला ब्लू पॉटरी नक्काशी सहित अन्य विधायें सिखायी जायेंगी साथ ही एक कार्ययोजना तैयार कर नई पीढी को हस्तशिल्पी और व्यवसायी बनाने की राह दिखाई जायेगी

इस समिट में सीएसआर गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर पांच सत्रों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सीएसआर विशेषज्ञों और औद्योगिक संस्थानों के सीएसआर प्रभारियों द्वारा मंथन किया जाएगा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

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा इसे जारी करेंगे

यह हादसा जीप कार और मोटरसाईकिल के बीच टक्कर से हआ घायलों को मण्डावरी और लालसोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर बांसवाडा जिले के सदर थाना क्षेत्र में कोहाला घाटी पर डंपर की चपेट में आने से मोटर साईकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया

बस जयपुर से झालावाड़ जा रही थी

च्रू में शिक्षा विभाग का तीन दिवसीय प्रतिवेदना निस्तारण शिविर आज संपन्न हुआ

दौसा में उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने आज जनसुनवाई की

इस दौरान उन्होने अस्पताल की अव्यवस्थाओं और ऑपरेशन थियेटर में गंदगी मिलने पर इंचार्ज को नोटिस जारी किया

उनके साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत भी रहेंगे सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राजनाथ सिंह सियाचिन में सैनिकों और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनाती के दौरान सैनिकों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे